राज्य में कोरोना को काबू करने के लिये सरकार ने सख्ती बढ़ाई कोरोना गाइडलाइन का उल्लघंन करने पर कई व्यावसायिक परिसर सील राज्य मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आय सीमा में छट दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय उच्च दक्षता सोलर फोटो वोल्टेइक पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम को मंजूरी दी राज्य के अधिकांश हिस्सों में कल रात से मौसम में बदलाव के बाद तापमान में गिरावट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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से कुछ देर बाद परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे कोविंड को देखते हुए कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल रूप में किया जा रहा है इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करने और उसमें बैठने के बारे में अपने विचार तथा सुझाव साझा करेंगे

आज भी विमिन्न जिलों में कोरोना गाइडलाइन के उल्लघंन पर व्यावसायिक परिसर सील किये गये दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न धार्मिक संस्थाओं जनप्रतिनिधियों और धर्मग्रूओं के साथ बैठक कर कोरोना की रोकथाम में उनसे सहयोग की अपील की जा रही है जयपुर जिला कलक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आज विभिन्न धर्मगुरूओं के साथ बैठक की और कोविड की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की श्री नेहरा ने बताया कि सभी धर्मग्रूओं ने इस महामारी से मुकाबल में प्रशसन को सहयोग का भरोसा दिया उधर सिरोही और सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर ने भी धर्मगुरूओं के साथ बैठक की बांसवाडा के घाटोल में विकास धिकारी मूलाराम सोलंकी ने क्षेत्रवासियों से कोरोना गाइड लाइन की पालना करने और पात्र लोगों से टीके लगवाने की अपील की

इससे आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गो के अम्युर्थियों की तरह आय में छट का लाम मिल सकेगा साथ ही बढाई गयी आय सीमा तक राजकीय सेवा में नियुक्ति के अवसर मिल सकेंगे आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में ये फैसला लिया गया

बैठक में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन तथा अन्य कई निर्णय लिए गए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय उच्च दक्षता सोलर फोटो वोल्टेइक पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है

आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि इस योजना से समेकित सोलर पीवी विनिर्माण संयंत्रों की क्षमता में दस हजार मेगावाट की वुद्धि होगी

पिछले एक साल में महिलाओं पर अत्याचार के अस्सी हजार मुकदमें विभिन्न स्थानों पर दर्ज हुए हैं इनमें भी बारह हजार से ज्यादा मुकदमे सिर्फ द्वष्कर्म के है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ रेखा शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि प्रतिनिधि मेण्डल ने जिन प्रकरणों के बारे में ज्ञापन दिया है आयोग उन पर पहले ही राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग चुका है

ये दिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढाने के उद्देश्य तथा मानसिक स्वास्थ्य मॉ और बच्चे की देखभाल तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस उन सभी के लिए कृतज्ञता प्रकट करने और सराहना करने का दिन है जो हमे स्वस्थ रखने के लिए दिन रात काम करते हैं